वे चौहत्तर वर्ष के थे श्री जोगी पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे राज्य सरकार ने श्री जोगी के निधन पर आज से तीन दिनों का राजकीय शोक घोषित कर दिया है इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई भी शासकीय समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे श्री जोगी का अंतिम संस्कार कल गौरेला में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा गौरतलब है कि बीते नौ मई को श्री जोगी को रायपुर स्थित उनके निवास में कार्डियक अरेस्ट आने के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था तब से वे कोमा में थे आज दोपहर उन्हें पुनः कार्डियक अरेस्ट हुआ डॉक्टरों द्वारा अथक प्रयासों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का जन्म उनतीस अप्रैल उन्नीस सौ छियालीस को बिलासपुर जिले के पेण्ड् ा में हुआ था उनका पूरा नाम अजीत प्रमोद कुमार जोगी है उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अध्यापक के रूप में अपने कैरियर की शुरूआत की उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दीं बाद में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के लिए भी चयनित हुए श्री जोगी अविभाजित मध्यप्रदेश के दौरान रायपुर सहित कई जिलों के कलेक्टर रहे वर्ष उन्नीस सौ छियासी में उन्होंने राजनीति में कदम रखा

वहीं वे दो बार लोकसभा सांसद के रूप में भी निर्वाचित हुए लोकसभा के लिए वे रायगढ़ से और फिर महासमुंद से चुने गए एक नंवबर दो हजार को जब मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना तब श्री जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बने मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल नौ नवंबर दो हजार से छह दिसंबर दो हजार तीन तक रहा श्री जोगी काफी लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहे वर्ष दो हजार सोलह में उन्होंने अपनी खुद की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के नाम से अलग पार्टी बनाई वर्तमान में श्री जोगी मरवाही सीट से छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य थे

कल शनिवार को श्री जोगी के पार्थिव शरीर को सुबह नौ बजे बिलासपुर के मरवाही सदन ले जाया जाएगा वहां से उनके पार्थिव शरीर को कोटा रतनपुर होते हुए उनके गृहग्राम जोगीसार ले जाया जाएगा उनका अंतिम संस्कार गौरेला के पास स्थित सेनेटोरियम में किया जाएगा अंतिम संस्कार में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाएगा श्री जोगी के निधन पर राष्ट्र पति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद राहुल गांधी राज्यपाल अनुसुईया उइके त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस मुख्यमंत्री भूपेश विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष धरमलाल बघेल कौशिक स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्र म उसेंडी सहित प्रदेश के सांसदों विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है राष्ट्र पति ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री जोगी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और कुशल प्रशासक थे वे छत्तीसगढ़ और वहां के लोगों के विकास के लिए सशिक्र य रहे वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि श्री जोगी जनसेवा के लिए समर्पित राजनेता थे उन्होंने गरीबों और आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने श्री जोगी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है उन्होंने उनकी धर्मपत्नी रेणु जोगी से फोन पर बातचीत कर उन्हें सांत्वना दी

उन्होंने श्री जोगी के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री जोगी का निधन छत्तीसगढ़ के एक अनमोल रत्न के खोने जैसा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री जोगी का निधन छत्तीसगढ़ के लिए अप्रणीय क्षति है उन्होंने कहा कि राज्य बनने के बाद श्री जोगी ने छत्तीसगढ़ के विकास की रूपरेखा तैयार की और एक कृशल राजनीतिज्ञ तथा प्रशासक के रूप में राज्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा है कि श्री जोगी ने कुशल प्रशासकीय अधिकारी सांसद राजनेता और मुख्यमंत्री के रूप में पूरे देश में विशिष्ट पहचान बनाई वे जनता से जुड़े जमीनी नेता थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि श्री जोगी के निधन से प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का एक अध्याय समाप्त हो गया है नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि श्री जोगी ने भारतीय राजनीति और सामाजिक जीवन में सर्वोच्च स्थान हासिल किया था जिसकी भरपाई संभव नहीं है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्र म उसेंडी ने कहा है कि श्री जोगी ने अपनी योग्यता के दम पर हर वह मुकाम हासिल किया जिसके वे अधिकारी थे केंद्र खाद्यान्न आवंटन कें द्र सरकार ने मई और जून महीने के लिए सैंतीस राज्यों और कें द्र शासित प्रदेशों के लिए आठ लाख मीटरिक टन अनाज का आवंटन किया है भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अनुसार इस आवंटन में से राज्यों ने अब तक दो लाख मीटरिक टन अनाज ले लिया है केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने एफसीआई से कहा है कि वह राज्यों से अनाज लेने का कार्य शीघ्र पूरा करे उन्होंने एफसीआई के मंडल कार्यकारी निदेशकों और क्षेत्रीय महा प्रबंधकों के साथ अनाज के वितरण और खरीद के बारे में वीडियो कां फ्रेंस से हुई बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि प्र धानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कें द्र ने अ प्रैल मई और जून के महीनों के लिए राज्यों को एक सौ बीस लाख मीटरिक टन अनाज का आवंटन किया है मन की बात प्रधानमंत्री नरेन् द्र मोदी इकतीस मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्य क्र म में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे इस कार्य क्र म की यह पैंसठवीं कड़ी होगी प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है

मृतक राजधानी रायपुर से लगे बिरगांव का रहने वाला था इसकी पुष्टि बिरगांव नगर निगम के आयुक्त ने की है मिली जानकारी के मुताबिक यह युवक सैंतीस वर्ष का था और उसकी कोई द्रै वल हिस्दू ी नहीं थी वह उरला स्थित एक निजी फैक्ट्री में काम करता था दो दिन पहले ही फेफड़े में सं क्र मण की शिकायत के बाद उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उसकी आज मौत हो गई मृतक का स्वाब सैंपल जांच के लिए भेजा गया था जहां से उसकी रिपोर्ट पॉजीटिव आई है इस बीच आज प्रदेश में कोरोना सं क्र मण के सत्रह नए मामले सामने आए हैं राज्य कोरोना कंद्रोल डेस्क ने आज जिन सत्रह नए मरीजों की पुष्टि की है उनमें राजनांदगांव से ग्यारह बिलासपुर से दो और रायपुर जगदलपुर महासमुंद तथा दुर्ग से एक एक मरीज मिले हैं फिलहाल तीन सौ तैंतीस कोरोना सं क्र मित मरीजों का इलाज चल रहा है मिली जानकारी के मुताबिक महासमुंद जिले के बसना क्षेत्र में एक कोरोना पॉजीटिव मरीज की पुष्टि हुई है कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने बताया कि कोरोना पॉजीटिव यह मरीज हाल ही में महाराष्ट्र से लौटा था और क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहा था क्वारेंटाइन सेंटर में अन्य लोगों के भी जांच के लिए स्वाब के नमूने लिए जा रहे हैं कोरोना पॉजीटिव मिलने का महासमुंद जिले में यह पहला मामला है उधर दुर्ग जिले के भिलाई में भी एक युवक कोरोना सं क्र मित पाया गया है यह युवक कुछ दिनों पहले मुंबई से लौटा था जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि इस युवक का उन्नीस मई को सैंपल लेकर जांच के लिए एम्स रायपुर भेजा गया था बस्तर में आज एक और युवक को कोरोना वायरस से सं क्र मित पाया गया यह युवक प्रवासी श्रमिक है और छब्बीस मई को पुणे से लौटा था उसे बकावंड विकासखंड के करपावंड क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था

मिली जानकारी के मुताबिक जिले के हथनेवरा क्वारेंटाइन सेंटर में एक गर्भवती महिला को जिला अस्पताल लाया गया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई यह महिला कुछ दिन पहले जम्मू से लौटी थी वहीं हसौद क्वारेंटाइन सेंटर के एक अन्य मजदूर की भी जिला अस्पताल में मौत हो गई जैजैपूर के तुषार गांव का रहने वाला यह मजदूर हाल ही में पंजाब से लौटा था पेट फूलने की शिकायत के बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया था गौरतलब है कि जिले में इससे पहले एक और मजदूर की क्वारेंटाइन सेंटर में मौत हो गई थी जिसे मिलाकर अब तक तीन मजदूरों की मौत हो चुकी है क्वारेंटाइन सेंटर श्रमिक कोरोना सं क्र मण और लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटे श्रमिकों के लिए राज्य में उन्नीस हजार से अधिक क्वारेंटाइन सेंटर संचालित किए जा रहे हैं इन सेंटरों में करीब दो लाख श्रमिक ठहरे हुए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्वारेंटीन सेंटर में ठहरे मजदूरों की भोजन और स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था के लिए सभी कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए हैं गौरतलब है कि बीते पंद्रह दिनों से प्रवासी मजदूरों के लगातार छ र र ीसगढ़ लौटने का सिलसिला जारी है सभी जिलों में ग्राम पंचायत सामुदायिक और स्कूल भवनों को क्वारेंटाइन सेंटर बनाया गया है वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्वारेंटाइन सेंटरों में रह रही गर्भवती महिलाओं की रोजाना जांच और अच्छी देखभाल के साथ प्रसव संबंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा है उन्होंने इसके लिए अलग से क्वारेंटाइन सेंटर बनाने और वहां नियमित जांच तथा जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं कोरोना रोबोट नर्स मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल राजधानी रायपुर में शोभा टाह फाउंडेशन बिलासपुर द्वारा निर्मित रोबोट नर्स का शुभारंभ किया श्री बघेल ने सुरक्षात्मक दृष्टि से बेहतर उपयोग के लिए निर्मित इस रोबोट नर्स को एम्स रायपुर के कोविड नाइंटीन वार्ड में उपयोग के लिए सौंपा इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रोबोट नर्स कोरोना सं क्र मण और कई अन्य सं क्रामक बीमारियों से बचाव के लिए उपयोगी है उल्लेखनीय है कि यह रोबोट नर्स एक निश्चित दूरी तक सामग्री का आदान प्रदान करन के साथ ही मरीजों तक दवाईयां कपड़े और खानपान की सामग्री पहुंचा सकती है इसके साथ ही इस रोबोट नर्स के माध्यम से अस्पताल में चिकित्सक और मरीज के बीच कैमरे तथा मोबाइल द्वारा फोटो वीडियोग्राफी वीडियो कॉलिंग और चैटिंग भी की जा सकेगी इसके लिए चिकित्सक को मरीज के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी श्रमिक बस रवाना त्रिपुरा में फंसे छत्तीसगढ़ के सत्तर श्रमिकों को वापस लाने के लिए आज राजधानी रायपुर से दो बसें रवाना की गई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्र मण और लॉकडाउन के चलते त्रिपुरा में फंसे श्रमिकों की सूचना मिलते ही श्रम विभाग के सचिव को इन श्रमिकों की सकुशल वापसी की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

इस मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है मिली जानकारी के मुताबिक जिले के धनौरा थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों की टीम तलाशी अभियान के लिए निकली थी इस दौरान माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी सुरक्षा बलों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी घने जंगल का फायदा उठाकर भाग गए मौके से दैनिक उपयोग की सामग्रियां बरामद की गई हैं उधर बीजापुर जिले में एक माओवादी ने पुलिस अधीक्षक और सीआरपीएफ के डीआईजी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया यह माओवादी पामेड़ उसूर एरिया कमेटी की सप्लाई टीम का सदस्य था इसके अलावा पुलिस ने पामेड़ थाना क्षेत्र से मिलिशिया प्लाटून सेक्शन के एक कमांडर को गिर पतार किया है इधर झीरम घाटी हमले में शहीद कांग्रेस नेता महेन्द्र कर्मा के पीएसओ से लूटा गया एके सैंतालीस हथियार को राजनांदगांव जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने माओवादियों के साथ मुठभेड़ के बाद बरामद किया है यह मुठभेड़ मानपुर थाना क्षेत्र के परधोनी जंगल में बीती आठ मई की रात को हुई थी इस मुठभेड़ में चार माओवादी मारे गए थे जूडो इस्तीफा राजनादगांव जिले में स्थित मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है डीन को सौंपे इस्तीफे में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी आर्थिक परेशानियों का जिक्र किया है हालांकि कॉलेज प्रबंधन इस्तीफे से इंकार कर रहा है इस मेडिकल कॉलेज में सतहत्तर जूनियर डॉक्टर इंटर्नशिप कर रहे हैं

इकतीस मई को चौथे चरण की पूर्णबंदी खत्म होने के बाद इस महामारी से निपटने की भावी रणनीति के बारे में उन्होंने मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे

इस कार्य क्र म के सहभागी मंत्रालयों के सचिवों की हाल की बैठक में यह निर्णय लिया गया

इस हादसे में बारह मजदूर घायल हो गए हैं